बाद में मुख्यमंत्री का मंडी जिले के दौरे पर रहने का कार्यक्रम है मंडी जिले में कम बारिश होने के चलते पैदा हुई सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पंडोह में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री मंडी शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे वित्त मंत्री केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से ब्रकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी

पुरस्कार आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार पीएमवाईए के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के बंद होने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला ने खबर दी है नया वित्त वर्ष आज से लाएगा सौगात किसी का मानदेय तो किसी की बढ़ेगी दिहाड़ी आपका फैसला के अनुसार आज से लागू होगी नई शिक्षा नीति हाजिरी से लेकर छात्रवृति तक बदलेंगे कई नियम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आज से नए बजट पर चलेगी सरकार देश में पहली बार खेतों में अंकुरित हुआ हींग का पौधा शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है पांच माह पहले लाहौल में रोपे गए हींग की पनीरी अंकुरित

दैनिक जागरण का शीर्षक है बड़े शौक से लांघ आई प्रदेश की सीमा डेमोक्रेसी हिमाचल की सुर्खी है मुख्यमंत्री भरेंगे नगर निगम चुनावों में जोश आज एक दिवसीय मंडी दौरे के दौरान करेंगे प्रचार

दैनिक भास्कर का शीर्षक है सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश पांच अप्रैल को बारिश की संभावना दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सूखे की चपेट में समूचा हिमाचल बिगड़ने लगे हालात राज्य में फिर खुलेंगे कोविड अस्पताल शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है नई बंदिशों की तैयारी आज सभी जिलों में डीसी एसपी सीएमओ और मेडिकल कॉलेजों से बात करेंगे हेल्थ सेक्रेटरी